्र प्रदेश में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से हुई राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम की शुरूआत कोरोना संक्रमण के दिशा निर्देशों की पालना के बीच खिलाई गई कृमि नाशक दवाईयां

महात्मा गांधी ने कहा था कि लोगों को अपनी बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों को अपनाना चाहिए

जयपुर में भाजपा प्रदेश कार्यालय से प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश प्रनिया के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइंस फाटक तक पैदल मार्च किया राजसमन्द में केन्द्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने इस संबंध में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया

सुबह दस बजे से दोपहर बारह बजे तक आयोजित मौन सत्याग्रह में प्रदेश के कई मंत्री विधायक और पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अलग अलग स्थानों पर शामिल हुए जयपुर में पुलिस आयुक्तालय के पास स्थित शहीद स्मारक पर कांग्रेस नेताओं ने दो घंटे का मौन सत्याग्रह किया मौन सत्याग्रह के बाद मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने कहा कि हाथरस की बेटी को न्याय दिलाया जाए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने सीकर में आयोजित मौन सत्याग्रह में भाग लिया उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ हए अन्याय के खिलाफ लड़ेगी इसी तरह प्रदेश में उदयपुर जोधपुर बीकानेर अजमेर कोटा डूंगरपुर झालावाड़ टोंक बांसवाड़ा दौसा सहित सभी जिलों में प्रदेश कांग्रेस ने मौन सत्याग्रह का आयोजन किया गया

मतदान सुबह साढे सात बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक होगा चुनाव आयक्त पीएस मेहरा ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना संबंधी सभी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए निर्भय होकर मतदान करें उन्होंने घूंघट में आने वाली महिला मतदाताओं से भी अनिवार्य रूप से मास्क लगाने की अपील की है

टोंक में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री और जिला प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा ने कोरोना के विरुद्व जन आन्दोलन की शुरूआत की

वहीं श्रीगंगानगर में प्रभारी मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने गांधी चौक पर मास्क वितरित कर अभियान का शभारंभ किया उन्होंने कहा कि सभी को संक्रमण रोकने के लिए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए

झालावाड में कांग्रेस सेवादल की ओर से मजदूरों को मास्क का वितरण किया गया प्रदेश में राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से भी कोरोना जन जागरण अभियान चलाया जाएगा

इस बारे में रोडवेज द्वारा प्रचार प्रसार भी किया जाएगा रोडवेज के कार्यालय बस स्टेण्ड वर्कशॉप और सभी परिसरों को सेनेटाइज भी किया जाएगा इधर जयपुर में यातायात पुलिस की ओर से कोविड साइन बोर्ड का विमोचन किया गया यातायात पुलिस के अनुसार लोगों को समझाकर मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा और प्रत्येक ट्रेफिक पॉइंट पर मास्क वितरित किये जाएंगे

उधर हमारे ब्रंदी संवाददाता के अनुसार जिले में मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे पांच नवम्बर तक बंद रखने का निर्णय किया गया है आज ब्रंदी में प्रशासन के अधिकारियों और धर्मगुरुओं की बैठक में ये फैसला किया गया

इन कार्यों में जल प्रदाय सीवरेज नाला निर्माण पार्क ड्रेनेज सहित अन्य विकास कार्य शामिल हैं श्री धारीवाल ने कहा कि कोरोना की इस विषम परिस्थिति में भी प्रदेश विकास की ओर अग्रसर हो रहा है उन्होंने कहा कि राज्य में स्मार्ट सिटी मिशन अमृत मिशन जैसी परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाई गई है

न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि ब्याज पर ब्याज माफी को लेकर केंद्र द्वारा दाखिल किया गया हलफनामा संतोषजनक नहीं है खंडपीठ ने केंद्र सरकार और आरबीआई के अलावा इंडियन बैंक एसोसिएशन तथा निजी बैंकों को नया हलफनामा दायर करके संबंधित मामले में नीतिगत निर्णय अंतिम अवधि इससे जुड़े सर्कुलर सहित अन्य बातों को स्पष्ट करने को कहा है

इसमें पुणे के रहने वाले चिराग फलोर अव्वल रहे विजयवाड़ा के गांगुला भुवन रेड्डी दूसरे स्थान पर और वैभव राज तीसरे स्थान पर रहे

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने परीक्षा में सफल होने वाले प्रतिभागियों को ट्वीटर पर बधाई दी उन्होंने कहा कि जिन छात्रों को इच्छित रैंक नहीं हासिल हुई उनके लिए भी प्रचुर अवसर उपलब्ध हैं छात्रों को याद रखना चाहिए कि सिर्फ एक परीक्षा उन्हें परिभाषित नहीं कर सकती

नई शिक्षा नीति से इसे जोडकर बाल संस्कार निर्माण की दिशा में और अधिक कार्य किए जा सकते हैं